प्रदेश के सभी जिलों में लॉकडाउन का दिखा असरए बाहर से आने वालों कीए की जा रही स्क्रीनिंग भारत नेपाल अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर किया गया सीलए आवागमन पर पूरी तरह प्रतिबंध पीएम ट् मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया से अन्रोध किया है कि वह लोगों को घर पर ही बने रहने के लिए संदेश देने का अभियान चलाए उन्होंने आज विभिन्न संचार माध्यमों के प्रमुखों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बातचीत में कहा कि इससे लोग मामले की गंभीरता को समझेंगे और लॉकडाउन को गंभीरता से लेंगे प्रधानमंत्री ने मीडिय़ाकर्मियों से भी सभी तरह की सावधानी बरतने का अनुरोध किया प्रधानमंत्री के साथ सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने भी संचार माध्यमों के प्रम्खों से चर्चा की उन्होंने कोरोना संक्रमण के बारे में लोगों को जागरूक बनाने में मीडिया की भूमिका पर चर्चा की

सात लोगों की मृत्यु हुई है

पीएम ऑन लॉकडाउन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा है कि बहत से लोग लॉकडाउन को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं उन्होंने लोगों से लॉकडाउन का गंभीरता से पालन करने के लिए कहा ताकि वे स्वयं और उनके परिजन स्वस्थ रहें

श्री मोदी ने ट्वीट के जरिए लोगों को इसके प्रति सावधान रहने को कहा है

इस बीच केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वे कोरोना के चलते अपने यहां लॉकडाउन को कड़ाई से लागु करें सरकार ने कहा कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए

इनमें देहराद्रन दिल्ली लखनऊ गाज़ियाबाद वाराणसी कोलकाता जयप्र चेन्नई म्म्बई तिरुवनंतप्रम बेंगल्रू श्रीनगर जम्मू अहमदाबाद गांधीनगर चंडीगढ़ और विजयवाड़ा शामिल हैं

मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि बिजली पानी स्वास्थ्य स्वच्छता परिवहन जैसी आवश्यक स्विधाएं पहले की ही तरह उपलब्ध हैं खाद्यान्न तेल सब्जियां फल पेट्रोल डीजल जैसी रोजमर्रा की जरूरतों की सप्लाई में भी किसी तरह की कमी नहीं होने दी जाएगी उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी की है डिजीटल भुगतान प्रधानमंत्री ने लोगों से भगतान के लिए डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करने का आग्रह भी किया है और कहा है कि कोरोना वायरस महामारी को देखते हए ऐसा करना स्रक्षित है एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि यह समय भीड़ से बचने का है और डिजिटल भ्गतान इसमें मददगार है वित्त मंत्रालय और बैंकों ने भी लोगों से ई पेमेंट स्विधाओं का इस्तेमाल करने की अपील की है

देहरादून समेत सभी जिलों में सड़कों पर प्लिसकर्मी मुस्तैद नजर आये हालांकि कई जगह लोग लॉकडाउन की परवाह किये बगैर घरों से बाहर निकले हरिद्वार को चारों तरफ से सील कर दिया गया है बाहर से आने वाले लोगों पर पाबंदी लगा दी गई है

एस एस पी सेंथिल अब्दाई ने अफवाहों से सावधान रहने और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ शिकायत करने की अपील की है पौड़ी के जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने सभी ग्राम प्रधानों और पंचायत विकास अधिकारियों को बाहर से आने वाले लोगों की सुचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं

साथ ही बाहर से आये लोगों पर निगरानी रखने के लिए उनके नाम और गांव का पता दर्ज किया जा रहा है

इस बीच म्ख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर शैलजा भट्ट ने लोगों से बचाव के लिए एहतियाती उपाय करने का आग्रह किया है

इस बीच शहर में लोगों ने सुबह के समय जरूरी सामान की खरीदारी की

इसी क्रम में चम्पावत जिले से लगने वाली भारत नेपाल सीमा पर किसी भी प्रकार के आवागमन पर प्रतिबन्ध लगाया गया है किसी भी प्रकार का वाहन या व्यक्ति ना ही भारत से नेपाल जा सकता है और ना ही नेपाल से भारत आ सकता है

सिर्फ अति आवश्यक सेवाएं ही स्चारू हैं जिले में लगभग पांच हजार पंजीकृत मजदूरों के खातों में राशन के लिए एक हजार रुपये की धनराशि डालने की कार्रवाई की जा रही है

मॉक डिल रानीखेत राजकीय चिकित्सालय में कोरोना वायरस को लेकर मॉक ड्रिल किया गया इस दौरान यह जानकारी दी गई कि संक्रमित व्यक्ति को कैसे आइसोलेट किया जाता और उसे आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया जाता है चिकित्सकों ने बताया कि मॉनिटरिंग टीम के द्वारा मरीज का ब्लड सैंपल लेकर हल्दवानी के स्शीला तिवारी अस्पताल के लैब भेजा जाएगा